मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं को नियोजित कर उन्हें रुर्बन क्लस्टर बनाकर इन समूहों को बदलना है इससे इन क्षेत्रों का समग्र विकास होगा और एकीकृत तथा समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने कहा है कि सेना ने हमेशा महिला पुरुष समानता का सम्मान किया है और उच्चतम न्यायालय के फैसले से इस दिशा में और आगे बढ़ने का रास्ता साफ होगा थल सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने कल नई दिल्ली से संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सेना लैंगिक समानता का सम्मान करती है जनरल नरवणे ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के आदेश से इस दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता साफ होगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां बजट को जनकल्याणकारी बताया वहीं विपक्ष के नेता गुलाब चन्द कटारिया ने इसे जनता के साथ छलावा बताया पूर्व केन्द्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन ने बजट को दिशाहीन बताया उन्होंने कहा मुख्यमंत्री गहलोत ने गोलमोल बजट पेश कर समाज के हर वर्ग के साथ छलावा किया है

श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किये हैं

केन्द्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत विभिन्न राज्य एक दूसरे की कला संस्कृति और विभिन्न रोचक जानकारियां साझा कर रहे है राजस्थान का पार्टनर राज्य असम को बनाया गया है आज हम आपको बताने जा रहे है असम के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में प्रकृति की खूबसूरती को नजदीकी से अनुभव करने के लिए और कुदरत के नैसर्गिक माहौल में रमने के लिए असम एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है असम के रोमांचकमरे जंगल चाय के बागान कलकल करती ब्रम्हपुत्र नदी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे पुराना दर्शनीय स्थल है यहां नोगांव जिले में स्थित है इस उद्यान में हाथियों के समूह जंगली बिल्ली सियार हिरण सांभर लंगूर तेंदुआ और विभिन्न तरह के जानवर देखे जा सकते है ये विशेष रूप से एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है वहीं कामख्या और भूवनेश्वरी मंदिर भी प्रमुख दर्शनीय स्थल है शक्ति मंदिर के रूप में प्रसिद्ध कामख्या मंदिर नीलांचल पर्वत की ऊचाईयों पर बसा है यहॉ से ब्रह्मपुत्र नदी की कलकल करती धारा बहुत प्यारी दिखती है

आकाशवाणी जयपुर की ओर से आज संगीत महोत्सव नाद योग का आयोजन किया जा रहा है इसमें ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित और पद्मभूषण प्राप्त पंडित विश्व मोहन भट्ट अपनी प्रस्तुति देंगे